मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपीरावत ने कहा सभी मतदान मशीनें पूरी तरह सुरक्षित मशीनों में नहीं की जा सकती है किसी तरह की कोई छेड़छाड़

बीटीसी दो हज़ार पन्द्रह के चौथे सेमेस्टर की निरस्त परीक्षाएं एक से तीन नवम्बर के बीच दोबारा होगी संचालित

न्यायपालिका नागरिकों को जल्द और निष्पक्ष न्याय सनिश्चित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ कर सकती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन अवसर पर कल श्री नायडू ने कहा कि चुनाव संबंधी अपरायों के लिए अलग अदालते बनाई जानी घाहिए श्री नायड ने कहा कि इन मामलों को निस्तारित करने के लिए समय सीमा तय करना भी जरूरी है दल बदल विरोधी कानून में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अयोग्यता संबंधी मामलों का निपटारा तीन माह की निर्वारित अवधि में ही करे दिया जाना चाहिए इस अवसर पर उप राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों और अधिकताओं से अदालती कामकाज में हिन्दी या प्रान्तीय भाषा के इस्तेमाल का आहवान किया

यह बहत अनिवार्य है त्वरित सरल सस्ता व निकटवर्ती न्याय आदि की आवश्यकता है हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति समान न्याय सनिश्चित किया जाये

समारोह को संबोधित करते हए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि पीडित को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास होता है और वह इसी विश्वास के साथ इंसाफ के लिए न्यायालय आता है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लम्बित मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना चाहिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गोरवशाली इतिहास का जिक्र करते हए कहा कि मौजूदा न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से आम लोगों को न्याय आसानी से सुलम हो सके इसके लिए प्रयास जरूरी है

मुख्य निर्वाचन आयक्त ने कहा है कि समी मतदान मशीनें परी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़ छाड़ नहीं की जा सकती आकाशवाणी से विशेष मेंट में मुख्य निर्वाचन आयक्त ओ पी रावत ने कहा कि पांच राज्यों के आगामी चुनाव में मतदान पुष्टि पर्ची वी वी पैट मशीनें भी इस्तेमाल की जाएंगी उन्होंने बताया कि चुनावों के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है भारत निर्वाचन आयोग जहां भी ये चुनाव करवाने होते हैं जिन जिन राज्यों में कराने होते हैं उनका पूरा अधिकारी लेकल पर विजिट करके और फिर बाद में पूरे कमीशन के तौर पर वहां जाकर खुद निरिक्षण करके देख लेते हैं कि वहां तैयारियां पूरी हो गई हैं संतोषजनक हैं तभी कहां पर फिर इलेक्सन के प्रोग्राम की घोषणा करते हैं तो तैयारियों से पूरी तरह से संतृष्ट होकर ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि तैयारियां पूरी पक्की हैं ओलिम्पिक में पदक जीतने की संमावना वाले खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए टारगेट ओलम्पिक पोडियम कार्यक्रम के तहत कल नई दिल्ली में पैंतीस जाने माने एथलिट के लिए कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कार्यशाला का उदघाटन किया उन्होंने कहा कि प्रैड बन जाने के बाद खिलाड़ियों में सभी स्थितियों से निपटने की क्षमता होनी चाहिए इसमें इन सभी चीजों के बारे में मीडिया से किस तरह से बातचीत करनी है स्पॉन्सराशिप जब आती हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करना है आपको एकदम से फेम मिलता है तो उसमें अपने आप को किस तरह से संभाल के रखना है कौन सी ऐसी चीज है जो पहले खिलाड़ी हैं जो जीत चुके हैं हार वुके हैं उनके तजुर्वे से कुछ सीखा जा सके इस तरह का एक माहौल बना है प्रदेश में साढ़े अड़सठ हज़ार शिक्षकों की भर्ती परीक्षा अगले साल छह जनवरी को आयोजित की जायेगी इसके लिए ग्यारह दिसम्बर से पच्चीस दिसम्बर के बीच ऑन लाइन रजिस्टेशन कराया जा सकेगा मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पारदर्शितापूर्ण तरीके से कराये जाने के निर्देश दिये हैं

पहले टीईटी पात्रता परीक्षा चार नकम्बर को सम्पन्न कराई जानी थी इन दोनों परीक्षाओं का परिणम दिसम्बर माह की दस तारीख़ को घोषित किया जायेगा प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने बीटीसी दो हजार पन्द्रह की परीक्षा के चौथे सेमेस्टर के प्रश्नपत्र लीक होने के सिलसिले में कल दो अभियक्तों को गिरफ्तार कर लिया दोनों अभियक्त आशीष अग्रवाल और अरविन्द भार्गव इलाहाबाद नगर के रहने वाले हैं यह परीक्षा आठ अक्टूबर को कराई जानी थी लेकिन परीक्षा शुरू होने से एक दिन पूर्व ही पहला प्रश्नपत्र वाट्स ऐप पर वायरल हो गया था इसके बाद दूसरे से आठवें प्रश्नपत्रों के वायरल होने की खबर आने लगी जिससे एसटीएफ हरकत में आ गया और पुलिस महानिरीक्षक अमिताम यश ने एसटीएफ इकाई इलाहाबाद और वाराणसी को अमिसुचना संकलन और अमियुक्तों की तलाश के लिए निर्देशित किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्वा लीक होने के प्रकरण के बारे में एसटीएफ और पुलिस विमाग के अधिकारियों को दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये थे उन्होंने कहा था कि दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी और सम्पत्ति कर्क की जाये शारदीय नवरात्रि का आज पांचवा दिन है प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्वाल मैं दर्गा के पाचवे स्वरूप मो स्कन्द माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं विन्याचल धाम में माँ विन्यवासिनी और बलरामपुर जिले के देवीपाटन राक्तिपीठ में लोगों का ताता लगा हुआ है सीतापुर के नैमिषारण्य में भी माँ ललिता देवी के दर्शन के लिए भारी भौड़ उमड़ी है पौराणिक और अध्यात्मिक महत्व की इस शक्तिपीठ में नेपाल भूटान बांग्लादेश और श्रीलंका से भी श्रद्वाल आते हैं

मेले में बाहर जनपदों से आने वाले व्यापारियों के लिए ये मेला उनके उत्पादों की विक्री के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होता है दीपक श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार सीतापुर राज्य के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नवरात्रि के दौरान प्रदेश के सभी बावन शक्ति पीठों और प्रमुख धार्मिक स्थलों को निर्वाघ बिजली आपूर्ति सनिश्चित करने का निर्देश दिया है